वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था

श्री जेटली नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली सरकार में वित्तमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में काम किया अरुण जेटली ने रक्षा कम्पनी मामलों वाणिज्य और उद्योग कानून और न्याय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपने काम की छाप छोड़ी

अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते सरकार ने नोट बंदी और वस्तु और सेवाकर जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये थे उनके नेतृत्व में मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल किया और आम बजट को पहली फरवरी को पेश किया जाना भी इनके कार्यकाल में ही हुआ जीएसटी की दरों में हुए बहुत से परिवर्तन भी उन्हीं की सफल निगरानी में हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुण जेटली के निधन पर दुख व्यक्त किया है श्री कोविंद ने कहा कि विद्वान अधिवक्ता क्शल सांसद और मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्री जेटली के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है उपराष्ट्रपति ने श्री जेटली को संशक्त बुद्धिजीवी कुशल प्रशासक और निष्ठावान व्यक्ति बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली की पत्नी और पुत्र से बात करके अपनी संवेदना प्रकट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जेटली को अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए हमेशा याद किया जायेगा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली का निधन उनके लिए निजी क्षति है श्री शाह ने कहा कि उन्होंने न केवल एक वरिष्ठ पार्टी नेता खोया है बल्कि एक पारिवारिक सदस्य को भी खो दिया है जेटली के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पार्टी और देश के लिए दुख का विषय है उन्होंने कहा कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना जताई श्री पायलट ने कहा कि श्री जेटली के योगदान को देखते हुए उनका जाना देश के लिए बडी क्षति है केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जेटली को निधन भाजपा परिवार ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक जगत के लिए एक अप्रणीय क्षति है केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि उन्होंने संगठन और सरकार में विभिन्न पदों पर गरिमा से अपना कर्तव्य निभाया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने भी श्री जेटली के निधन पर शोक जताया और इसे भाजपा परिवार और राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध होगा

इस अवसर पर विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सूबह श्रीनाथ जी को पंचामृत स्नान कराया गया

अम्बेडकर मैमोरियन वैलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल भी मौजूद थे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का भी इससे मनोबल बढता है

इन शिविरों में योजना के लिए पात्र किसानों के पंजीयन किए गए जिला कलेक्टर ने सूरवाल और मनपुरा गांव में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पात्र किसानों के अधिक से अधिक पंजीयन किए जाने के दिशा निर्देश दिए

यह राशि बैंक की सभी शाखाओं को जारी कर दी गई है

दुर्घटना की सूचना के बाद वहां पहुंचे सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से तीनों युवकों के परिजनों को चार चार लाख रूपए की सहायता देने की घोषणा की है

जिससे उसपर सवार युवक गंभीर रूप से झुलस गया नागौर जिले के कुचेरा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

मौसम विभाग ने आज और कल कोटा तथा उदयपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है